मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने प्रदेश में अधोसंरचना विकास के लिए केन्द्र से उदार वित्तीय सहायता का किया आग्रह केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर कृषि कानूनों को लेकर किसानों को भ्रमित करने का लगाया आरोप प्रदेश कांग्रेस ने कृषि कानूनों को किसान विरोधी दिया करार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

आज वीडियो कांफ्रेंस के जरिये नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत तेजी से प्रगति का संकल्प ले चुका है और कोई समय नहीं गंवाना चाहता उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर अभियान भारत के निर्माण का एक महत्वपूर्ण उपाय है इसका उद्देश्य न केवल स्वयं की बल्कि विश्व की जरूरतें पूरी करना है प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की हैं और राज्यों को भी इनका पूरा लाभ उठाना चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों के लिए सुधार अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि उन्हें आर्थिक संसाधन बेहतर बुनियादी सुविधाएं और आधुनिक प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराई जा सके मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने केन्द्र से प्रदेश में अधोसंरचना विकास के लिए उदार वित्तीय सहायता का आग्रह किया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई नीति आयोग की बैठक में वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री ने कहा कि पहाड़ी राज्य होने के कारण अन्य राज्यों की अपेक्षा हिमाचल में अधिक धनराशि की जरूरत पड़ती है उन्होंने कहा कि प्रदेश को देश का पर्यटन केन्द्र बनाने के लिए राज्य सरकार भरसक प्रयास कर रही है मगर बेहतर हवाई व रेल संपर्क न होने के कारण इसमें कठिनाई हो रही है मुख्यमंत्री ने मण्डी में ग्रीनफील्ड हवाई अड़डे के निर्माण और कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए पर्याप्त आर्थिक सहायता देने का भी आग्रह किया जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में मेडिकल डिवासिज़ मैन्युफैक्चरिंग पार्क और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए प्रयास जारी हैं उन्होंने प्रधानमंत्री से इन सभी पार्क को स्वीकृत करने की भी मांग की राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पानी वन और ज़मीन का संरक्षण व संवर्धन प्राथमिकता से करने पर बल दिया है अपने दो दिवसीय किन्नौर दौरे के दौरान आज पूह में उन्होंने ये बात कही राज्यपाल ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा समाज के हर वर्ग के लिए अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं जिसका लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए

इससे पूर्व उन्होंने कल देश के पहले मतदाता श्याम सरन नेगी से भी कल्पा में मुलाकात की उन्होंने कहा कि लोगों को श्याम सरन नेगी से प्रेरणा लेकर लोकतंत्र को मज़बूत करने के लिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए सरवीण चौधरी सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने अधिकारियों को शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए हैं आज एक बैठक में उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लिए स्वीकृत की गई योजनाओं को निर्धारित समय में पूरा किया जाना चाहिए ताकि लोगों को इनका लाभ मिल सके सरवीण चौधरी ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने में जूटी है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को विकास योजनाओं से लाभान्वित किया जा सके सैजल स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि कोविड वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और टीकाकरण के लिए पंजीकृत व्यक्तियों को टीकाकरण करवाने के लिए आगे आना चाहिए

बिक्रम ठाकुर उद्योग व परिवहन मंत्री बिक्रम ठाक्र ने आज जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र के बगली में जन समस्याएं सुनीं और अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के सहयोग से आज प्रदेश तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है

अनुराग ठाकुर केन्द्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र ने कांग्रेस पर कृषि कानूनों को लेकर किसानों को भ्रमित करने का आरोप लगाया है हमीरपुर ज़िले में सुजानपुर क्षेत्र के पटलांदर में आज आयोजित पंचायत प्रतिनिधि सम्मान समारोह में उन्होंने कहा कि ये कानून किसानों के फायदे के लिए बनाए गए हैं

इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने विजयी हए प्रतिनिधियों से निष्ठा व ईमानदारी से अपने कार्य का निर्वहन करने का आहवान किया वीरेन्द्र कंवर इस बीच पंचायती राज व पशुपालन मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि किसानों की आय दोगुना करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए जा रहे हैं ऊना ज़िले के बसाल में आज एक जनसभा को संबोधित करते हए उन्होंने कहा कि कृषि कानून किसानों के हित में बनाए गए हैं उन्होंने कहा कि इन कानूनों से किसानों को मंडी टैक्स से छटकारा मिलेगा कंवर ने कहा कि किसानों को बहुददेशीय खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने नए कृषि कानूनों को किसान विरोधी करार देते हुए कहा है कि पार्टी किसानों के साथ खड़ी है शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा धर्मशाला में आयोजित कार्य समिति की बैठक में इस संबंध में पारित प्रस्ताव का कांग्रेस विरोध करती है उन्होंने कहा कि भाजपा कार्य समिति की बैठक में बढ़ती महंगाई बेरोजगारी और बिगड़ती अर्थव्यवस्था से उभरने के उपायों के साथ साथ कोरोना काल में हुए कथित भ्रष्टाचार पर भी कोई चर्चा नहीं की गई मुख्य सचिव मुख्य सचिव अनिल खाची ने कहा है कि लाहौल स्पीति में विंटर स्पोर्टर्स की बहुत संभावनाएं हैं और भविष्य में ये ज़िला विंटर टूरिज्म का हब बनेगा लाहौल घाटी के खंगसर में स्नो फैस्टिवल में शिरकत करते हुए उन्होंने कहा कि अटल बिहारी पर्वतारोहण संस्थान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शीतकालीन खेलें आयोजित करने का मास्टर प्लान तैयार करने को कहा गया है इस मौके पर उन्होंने रनो क्राफ्ट व प्रातन कलाकृतियों के स्टॉलों का भी अवलोकन किया इस बीच मुख्य सचिव ने सोलंग घाटी का दौरा भी किया संजय टंडन प्रदेश भाजपा के सहप्रभारी संजय टंडन ने आज पालमपुर में कार्यकर्ताओं से नगर निगम चुनाव संबंधी तैयारियों पर चर्चा की उन्होंने पार्टी के आईटी सैल को और सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए इससे पूर्व उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार से मुलाकात कर उनकी धर्मपत्नी संतोष शैलजा के निधन पर संवेदना व्यक्त की ज्ञापन ज़िला लाहौल स्पीति आज़ाद थर्ड फ्रंट के अध्यक्ष अभय चंद राणा ने प्रदेश सरकार से ज़िले में विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने का आग्रह किया है इस संबंध में आज उन्होंने मुख्य सचिव अनिल खाची को एक ज्ञापन भी सौंपा उन्होंने कहा कि अध्यापकों डॉक्टरों सहित अन्य रिक्तियों के कारण लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है आदित्य नेगी शिमला जिला उपायुक्त आदित्य नेगी ने आज रामपुर में सहयोग कार्यक्रम में युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों व चरित्र निर्माण के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां दीं उन्होंने कहा कि प्रायोगिक तौर पर शुरू किए गए इस कार्यक्रम के सकारात्मक परिणाम आने पर इसे संपूर्ण जिले में शुरू किया जाएगा ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में लगे विद्यार्थियों को सुविधा मिल सके रैली प्रदेश कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड की ज़िला शिमला इकाई ने आज पेट्रोल डीज़ल और रसोई गैस की कीमतों में हुई वृद्धि के विरोध में शिमला में प्रदर्शन किया शिमला ग्रामीण के अध्यक्ष वीरेन्द्र बांशटू ने आम जनता व दुकानदारों से महंगाई के खिलाफ भाजपा सरकार का विरोध करने का आग्रह किया बाद में उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भी सौंपा गया